अब किसी भी विभाग बोर्ड निगम व विश्वविद्यालय द्वारा स्थानांतरण व समायोजन के आदेश जारी नहीं किए जा सकेंगे केवल विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर चिकित्सा मामला व प्रशासनिक अनिवार्यता में स्थानांतरण किए जा सकेंगे इसके लिए संबंधित मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा

इस बीच राज्य सचिवालय में कोरोना मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने वैध प्रवेश पत्र के बिना सचिवालय में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है

वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कल संपन्न हुई जीका परियोजना की समीक्षा बैठक में विभाग की जीका परियोजना को संयुक्त वन समितियों के गठन माईको प्लान बनाने पौधारोपण तथा कोरोना के बावजूद निर्धारित समय पर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सराहना की गई है इस बीच सरकार के ऑनलाईन कार्यक्रमों पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को विकास और जनविरोधी करार दिया गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकमण के इस कठिन दौर में जहां सरकार विकास के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं को तलाश रही है वहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं

डीसी शिमला कोरोना महामारी के बीच लोगों में सतर्कता बनाए रखने और संक्रमण से बचाव के लिए शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने मास्क न पहनने या मास्क को सही ढंग से न लगाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करना अनिवार्य है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बस किराया वृद्धि और कोरोना महामारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है विरोध के बीच बस किराया बढ़ोतरी लागू अधिसूचना जारी पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में आज से बस सफर महंगा अधिसूचना जारी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आज से बसों में बढ़ा किराया आपका फैसला के अनुसार प्रदेश में बढ़े बस किराए की अधिसूचना जारी

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है सचिवालय लोगों के लिए बंद डिप्टी सेक्रेटरी में कोरोना पाए जाने के बाद हिमाचल सरकार ने उठाए एहतियाती कदम हिमाचल दस्तक के शब्द हैं कोरोनाकाल में ट्रांसफर फिर बैन मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर फिर से लगाया प्रतिबंध

नमस्कार